और नालंदा अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में अब योग की भी होगी पढ़ाई

इसके अन्तर्गत मिथनॉल एथनॉल और इलेक्ट्रीक वाहनों को चलाने के लिए परमिट नहीं लेना होगा इसका उद्देश्य डीजल पेट्रोल से व्यवसायिक वाहनों को स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन पर लाना है केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नीतिन गडकरी ने कहा कि इससे वैकल्पिक वाहनों का किराया तीस से चालीस प्रतिशत सस्ता होगा वहीं बड़े शहरों में बढ़ते प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ये प्रस्ताव विधि मंत्रालय को भेजा जा चुका है इसके मंजूरी के बाद परिवहन मंत्रालय इससे संबंधित अधिसूचना इस सप्ताह जारी कर देगा पन्द्रहवें वित्त आयोग की टीम आज पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्य के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेगी इस दौरान बिहार सरकार की ओर से दिये जाने वाले ज्ञापन पर चर्चा की जायेगी इसके अलावा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी वित्त आयोग की टीम विचार विमर्श करेगी बैंक खाता खोलने के लिए आधार जरूरी न होने के उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद बैंकों ने इसे वैकल्पिक कर दिया है बैंक के सूत्रों ने बताया कि न्यायालय के फैसले के बाद आधार नम्बर के जरिये केवाईसी बंद नहीं की गयी है आधार और ओटीपी के जरिये केवाईसी प्रक्रिया को वैकल्पिक बना दिया गया है बैंकों का कहना है कि अगर किसी बैंक खाताधारक को आधार नम्बर खाते से हटाना है तो उसे दोबारा केवाईसी करनी होगी परिवहन विभाग निजी बस ऑपरेटरों की ओर से मनमाने ढंग से किराये में की गई बढ़ोतरी पर रोक लगायेगा विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने कहा कि विभाग जो किराया तय करेगा उसे निजी बस ऑपरेटरों को लागू कराना होगा इसकी अधिसूचना शीघ्र ही जारी की जायेगी इधर बिहार राज्य ट्रांस्पोर्ट फेडरेशन ने डीजल और पेट्रोल की कीमतों में हो रही वृद्धि को देखते हुये राज्य सरकार से भाड़ा निर्धारण के पहले ट्रांस्पोटरों का पक्ष सुनने की मांग की है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सभी विद्यालयों और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मैट्रिक की सेंटअप परीक्षा पन्द्रह नवम्बर से हर हाल में शुरू की जाए पहले परीक्षा चार दिसम्बर से शुरू होने वाली थी समिति ने स्पष्ट किया है कि मैट्रिक परीक्षा दो हजार उन्नीस में वहीं परीक्षार्थी बैठ पायेंगे जो सेंटअप परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे इधर केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने सत्र दो हजार अठारह उन्नीस के लिए नौवीं और ग्यारहवीं कक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है बोर्ड के अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बाईस अक्टूबर तक बिना विलंब शुल्क के रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है बाईस अक्टूबर से अठाईस नवम्बर तक विलंब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन होगा रेलवे सुरक्षा पुलिस ने पटना जंक्शन परिसर से एक व्यक्ति को सैंतीस किलो जेवरात के साथ गिरफ्तार किया है गिरफ्तार व्यक्ति उत्तर प्रदेश के बलिया के नरहरी थाना क्षेत्र का रहने वाला है गश्ती के दौरान आरपीएफ की टीम ने गिरफ्तार व्यक्ति के बैग से बिना कागजात के ग्यारह बंडल चांदी के पायल जब्त की है वहीं बिहार के बिल्डर से छह करोड़ रूपये ठगी के मामले में पुलिस ने सातीर अपराधी नवीन मल्होत्रा को दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया है नवीन मल्होत्रा पर दिल्ली से पटना तक अर्थिक अपराध और फर्जीवाड़े के दर्जनों मामले दर्ज हैं प्रदेश की खादी भारतीय बाजार में लगातार लोकप्रीय हो रही है केरल के वस्त्र निर्माताओं ने बिहार से छह करोड़ रूपये की खादी खरीदने का ऑडर दिया है बिहार राज्य खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बिहार की खादी से रेमंड और अरविंद मिल्स जैसी कम्पनियों ने सूट बनाने की अपील की है इसके अलावा खादी को बढ़ावा देने के लिए विभाग खादी संस्थाओं को कार्यशील प्रंजी चरखा के साथ साथ मार्केटिंग व्यवस्था उपलब्ध करा रहा है नालंदा अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में अब योग की भी पढ़ाई होगी वित्त आयोग के मीडिया और कम्यूनिकेशन के उप निदेशक अंशुमन मिश्रा ने बताया कि विश्वविद्यालय में गणित और दर्शनशास्त्र के अलावा योग विज्ञान को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है गौरतलब है कि बिहार दौरे पर आई पन्द्रहवें वित्त आयोग की टीम ने नालंदा अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का अवलोकन किया और कुलपति सुनैना सिंह के पॉवर प्वाइंट प्रेजेन्टेशन को भी देखा ट्रेनों के परिचालन समय में दानापुर मंडल को पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है सितम्बर महीने में रेलवे की ओर से किये गये सर्वेक्षण में यह आंकड़ा आया है

सारण जिले के तरैया थाना क्षेत्र के माधोपुर पंचायत के सगुनी गांव के पास गंगा नदी में स्नान के दौरान डूबने से चार बच्चों की मौत हो गयी सूत्रों ने बताया कि स्थानीय गोताखोरों की मदद से एक शव नदी से निकाल लिया गया है जबकि अन्य शवों की तलाश की जा रही है वहीं बक्सर जिले के डुमरांव अनुमंडल के नावानगर थाना क्षेत्र में जिउतिया पर्व पर स्नान करने गई एक किशोरी की पानी में ड्रबने से मौत हो गयी जबकि दो बच्चियों को स्थानीय लोगों के सहयोग से बचा लिया गया सीवान पुलिस ने जाली नोट छापने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है पुलिस अधीक्षक नवीन चन्द्र झा ने बताया कि नगर थाना क्षेत्र से नोट छापने की मशीन और चार लाख पचपन हजार रूपये के नकली नोट के साथ चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है अररिया जिले के पलासी प्रखंड में छह लोग डायरिया से पीड़ित हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सक प्रभावी इलाकों में पहुंच कर लोगों की जांच कर रहे हैं शिवहर जिले के तरियानी थाना क्षेत्र के कोठिया गांव में बागमती नदी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गयी शेखप्रा जिले की पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्र से पांच लीटर देशी शराब के साथ दो तस्कर को गिरफ्तार किया है रोहतास जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से दुष्कर्म के पांच आरोजियों को गिरफ्तार किया गया है भागलपुर जिले के रंगरा थाना क्षेत्र में सवारी गाड़ी के पलटने से एक बच्चे की मौत हो गयी जबकि दस महिलाएं घायल हो गयी धनबाद में खेली जा रही इकतीसवीं राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता की पदक तालिका में बिहार दूसरे नम्बर पर है बिहार ने अब तक सात स्वर्ण तीन रजत और तेरह कांस्य पदक प्राप्त किये हैं भुवनेश्वर में आयोजित ईस्ट जोन इंटर स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप के जूनियर वर्ग में बिहार की मिश्रित युगल टीम ने पश्चिम बंगाल को पराजित किया है इस जीत के साथ ही बिहार ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है सेमीफाइनल में बिहार का मुकाबला उत्तराखंड से होगा बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने पिछले महीने हुई एम्पायरों की परीक्षा में शामिल हुये चौसठ एम्पायरों की ग्रेडिंग सूची जारी कर दी है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी पहली सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान का शीर्षक है गांधी जयंती पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा शराब बाल विवाह व दहेज प्रथा के खिलाफ चल रहे सामाजिक अभियान का सकारात्मक असर पड़ा है जागरूकता अभियान दो हजार बीस तक चलेगा दैनिक जागरण की सुर्खी है आज सीजेआई पद की शपथ लेंगे रंजन गोगोई दैनिक भास्कर ने लिखा है सरकार ने फेसबुक से पूछा भारत के कितने यूजर्स के अकाउंट हैंक हुये हैं फेसबुक आज देगी जानकारी प्रभात खबर ने शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री के बयान को बड़ी खबर बनाते हुये लिखा है चाहे जमीन में गाड़ दें लेकिन शराबबंदी से समझौता नहीं